राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के पहले दिन कल लगभग पांच लाख बावन हजार लोगों को टीका लगाया गया स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत इस वर्ष सोलह जनवरी को की थी

शेष पचास हजार लाभार्थी पहले चरण के टीकाकरण के लाभार्थी हैं जिनमें स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति में कार्यरत लोग शामिल हैं

लाभार्थी सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो आई डी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ अपने नजदीकी टीकाकरण संस्थान में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार

श्री प्रसाद ने कोविड टीके को सुरक्षित बताते हुए लोगों से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की है उन्होंने कोविड टीका लगाने के बाद केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा लिये गये संकल्प के तहत एम्स को दो सौ पचास रूपये की सहयोग राशि भी दी

एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है

ब्यूरो की टीम ने आरोपी को मध्रबनी शहर के भौआरा से गिरफ्तार किया पूछताछ के लिए उसे पटना स्थित निगरानी जांच ब्यूरो मुख्यालय लाया गया है बेगूसराय जिले के चेरिया वरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आकोपुर में यूको बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े लगभग छह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक मैनेजर और अन्य कर्मियों के साथ मारपीट भी की बताया जाता है कि छह अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत कर दी गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में इस सेवा की औपचारिक शुरुआत की श्री कुमार बाद में इलेक्ट्रिक बस पर ही सवार होकर विधानसभा पहुंचे ये बसे पटना नगर सेवा के विभिन्न मार्गों के साथ ही पटना राजगीर पटना मुजफ्फरपुर और अन्य मार्गों पर भी चलेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है अब सार्वजनिक रूप से इसे बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी

ये रेलगाड़ियां रक्सौल दरभंगा रक्सौल नरकटियागंज सीतामढ़ी रक्सौल समस्तीपुर सहरसा पूर्णिया सहरसा बड़हरा कोठी बनमनखी समेत विभिन्न रेलखंडों पर चलेंगी मंडल के अधिकारी ने बताया कि रेल परिचालन में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं सीपीआई माले के सदस्यों ने आज विधानसभा में पटना में रोजगार रैली के दौरान पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया इस मुद्दे को लेकर माले के सदस्य सदन के बीचो बीच आ गये शून्यकाल के दौरान पार्टी के महबूब आलम और सुदामा प्रसाद ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की श्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना कारण लाठीचार्ज किया जिससे घटना में पार्टी के विधायक अजित कृशवाहा मनोज मंजिल और संदीप सौरभ घायल हो गये अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है वहीं प्रश्नकाल के दौरान दरभंगा सीडीपीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने हंगामा किया जिसके कारण शून्यकाल की कार्यवाही काफी देर तक बाधित रही राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव ने इस मुद्दे को उठाया राजद सदस्य की मांग थी कि दो लिपिकीय कर्मी लंबे समय से कार्यालय में जमे हैं और अवकाश ग्रहण के बाद भी उन्हें संविदा पर रख लिया गया है उन्होंने दोनों पर भष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग की समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जब प्रश्न का उत्तर देने उठे तो ललित यादव और विपक्षी दल के सदस्य उत्तेजित हो गये उन्होने इस मुद्दे को लेकर मंत्री पर टाल मटोलवाला जवाब देने का आरोप लगाया इसके बाद राजद के सदस्य अपनी सीट पर खडे होकर शोर गुल करने लगे हालांकि हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने शून्यकाल की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी दल राजद के सदस्यों पर इसका असर नहीं पडा बाद में कार्यवाही सुचारु करने के लिए सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद के वरिष्ठ सदस्य अवध बिहारी चौधरी और अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बात रखने की अपील की

अध्यक्ष ने परंपरा से हट कर शुन्यकाल के बाद विशेष तौर पर राजद सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी इसके जवाब में मंत्री मदन सहनी ने बताया कि जिलाधिकारी ने दोनों कर्मियों को हटाने के लिए लिखित आदेश दिया है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रयास कर रही है विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में न्यायालय में सरकार ने आवेदन दिया है उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी आरक्षण दिया जायेगा लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा समेत पार्टी के बीस से अधिक पदाधिकारी और सैंकड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करायी इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर पंचायत चुनाव में महिला कर्मियों की भी ड्यूटी लगायी जायेगी राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उन्होंने बताया कि एक जिले में एक ही दिन मतदान होगा और मतदानकर्मियों के लिए विधानसभा चुनाव के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जायेगा कर्मियों की कमी होने पर महिला कर्मचारियों और पड़ोसी जिले से कर्मियों की भरपाई की जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि पछ्आ हवा के प्रभाव से अगले दो दिनों तक तापमान में कमी होगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि पांच मार्च से दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार देर से ब्रआई होने वाली फसल को नुकसान होने की आशंका है भारतीय स्टेट बैंक ने गृह ऋण पर ब्याज दर घटाकर छह दशमलव सात प्रतिशत कर दिया है बैंक के अधिकारी ने बताया है कि पचहत्तर लाख रुपये तक का गृह ऋण लेने वालों के लिए ब्याज की दर छह दशमलव सात प्रतिशत होगी जबकि पचहत्तर लाख से अधिक के ऋण पर ब्याज की दर छह दशमलव सात पांच प्रतिशत रहेगी ये छूट इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक लागू रहेगी कटिहार जिले में हसनगंज थाना के हाजत में बंद बीमार एक कैदी की आज इलाज के दौरान मौत हो गयी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिये हैं शेखपुरा पुलिस ने लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है